इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुभारम्भ अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा इसलिए वह आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोहों में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उन्होंने लोगों से आगे आने और इस महोत्सव में नये विचारों के साथ योगदान देने की अपील की प्रधानमंत्री ने इस संबंध में आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरूआत की अमृत महोत्सव प्रदेश इधर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो चण्डीगढ़ और प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई

राज्यपाल ने रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल भी मौजूद रहीं

जयराम ठाकुर ने कहा कि यहां बनने वाला शिवधाम मण्डी शहर आने वाले लोगों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्टोरिया पुल से डांगसीधर तक सड़क का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी नगर परिषद को नगर निगम में स्तरोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया इस अवसर पर सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मण्डी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज पूरी धार्मिक श्रद्धा उत्साह और हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ सात दिवसीय इस महोत्सव के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने राज माधवराय मंदिर में पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में भाग लिया इस अवसर पर अधिकांश लोग पारम्परिक परिधानों में शोभा यात्रा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों व अन्य वाद्य यंत्रों की धुनों पर झूमते नज़र आए इस बार महोत्सव को प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्णिम वर्ष की थीम पर आयोजित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने लोगों को महोत्सव की बधाई देते हुए कोरोना महामारी में सावधानी पूर्वक ये उत्सव मनाने का आह्वान किया